उन्होंने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की भाजपा का सदस्यता अभियान भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किये

शिमला भाजपा मंडल द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रदीप कश्यप ने की इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसे ऊंचाईयों तक पहुंचाने का श्रेय पार्टी के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं को जाता है उन्होंने कार्यकर्त्ताओं का आहवान किया कि पार्टी के इस सर्वव्यापी अभियान को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभाएं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन जिले के धर्मपुर से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा डिजिटल व अन्य माध्यमों से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रही है और अभियान का मुख्य उद्देश्य पिछली बार की तुलना में बीस फीसदी सदस्यों को बढ़ाना है वहीं स्थानीय लोग भी पार्टी के साथ जुड़ने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सम्मान समारोह राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को विकसित करने पर बल दिया है ये बात आज उन्होंने शिमला में हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उन्हें देश का सफल नागरिक बनाने में अध्यापकों व अभिभावकों की अहम भूमिका रहती है आचार्य देवव्रत ने पुरस्कृत होने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ समाज के लिए लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं ताकि धन के अभाव में कोई भी विद्यार्थी बेहतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद सेतु के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचती है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने एनएसयूआई पदाधिकारियों से संगठन की मजबूती के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान करने का आहवान किया है शिमला में आज एनएसयूआई कैंपस पदाधिकारियों की एक बैठक में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा के लिए आपसी विचार विमर्श जरूरी है राठौर ने कहा कि प्रदेश के सभी कॉलेजों के एनएसयूआई पदाधिकारियों के लिए जल्द ही एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी कार्यशाला लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में सीबकथॉर्न का मूल्य श्रृंखला प्रबंधन विषय पर आज एक कार्यशाला लगाई गई हिमालयी पर्यावरण व सतत विकास संस्थान मौहल और भारतीय तकनीकी संस्थान नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यशाला की अध्यक्षता एसडीएम अमर नेगी ने की उन्होंने कहा कि सीबकथॉर्न यानि छरमा के उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में भी इससे वृद्धि होगी कार्यशाला की आयोजक सरला शाशनी ने किसानों को छरमा की खेती से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी

मंडी जिले में जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लड़भड़ोल में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र जनमंच की अध्यक्षता करेंगे

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला जिले में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कृपवी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमीरपुर जिले में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पटलांदर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर क्षेत्र की दस पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनेंगे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आम बजट के बाद पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि को तुरंत वापिस लेने की केन्द्र सरकार से मांग की है पार्टी के प्रदेश महासचिव रजनीश किमटा ने कहा है कि इससे देश में मंहगाई बढ़ेगी और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बजट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने के न तो कोई उपाय है और न ही कोई योजना किमटा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रदेश के हितों की पैरवी करने में नाकाम साबित हुए है